देश मे कोविड के सर्वाधिक दो लाख इकसठ हजार पांच सौ नये संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने अप्रैल में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा स्थगित की

आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केन्द्र सकरर इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धत सु्निश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है रेमडेसिविर के अस्पतालों में भर्ती गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है श्री मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में बीस विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है

मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि केन्द्र क सतत हस्तक्षेप से बड़ी दवा निर्माताओं ने अपने रेमडोसिविर ब्रांड की कीमतों में काफी कटौती की है देश में कोविड के सर्वाधिक दो लाख इकसठ हजार पांच और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

देश के दस राज्य महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दिल्ली तमिलनाड उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश ग्जरात व केरल कोरोना महामारी के मुख्य केन्द्र बने ह्ये है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में स्थित जन स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रेशर स्विंग एब्जॉर्शन यानि पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों ने उनके जन स्वास्थ्य केन्द्रों में पीएसए की स्थापना की सराहना की है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने अप्रैल में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा स्थगित कर दी है

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कहा कि इस परीक्षा के लिए नई तारीख जल्द ही घोषित की जायेगी

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोरोना महामारी के संदर्भ में एक पत्र लिखा

उन्होंने कहा कि देश की क्ल जनसंख्या का टीकाकरण स्निश्चित किया जाये डॉ सिंह ने कहा कि जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति मे केन्द्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं को पूंजी उपलब्ध करा कर त्था अन्य रियारते देकर उन्हें निर्माण सम्बधी सुविधा प्रदान करें

पंत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान हालात मे सरकार कोविड से निपटने के गंभीर प्रयास कर रही है लेकिन इसमें समाज को भी सहयोग देना होगा

केन्द्रीय जल शक्ति एंव सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी एवं अन्य संतों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर कुंभ के समाप्न की घोषणा की है श्री कटारिया ने संय्क्त किसान मोर्चा के नेताओं से अपील की कि वे भारत में कोरोना के बढ़ते हये मामलों के मद्देनज़र रखते हये अपने आंदोलन को तुरंत बंद कर दें उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मे कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना को गैर जिम्मेदार व राजनीति से प्रेरित बताया हरियाणा के परिवहन एवं खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में कई परियोजनाओं का उदघाटन किया

श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी मुझे जो आम जनता ने सौंपी है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं

श्री यादव ने जिला के नागरिकों को राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने को प्रतिबद्ध है